श्री कोविंद आज मथुरा के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम धर्माथ अस्पताल के प्रांगण में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे रामकृष्ण मिशन के कार्यो की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने लोगों को यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिये जन्म लिया था जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना लोगों की सेवा और उन्हें बीमारियों से निजात दिलाने के लिये की गई है श्री कोविंद ने स्वामी विवेकानन्द के विचारों और उपदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि वे सदैव उनके लिये प्रेरणा का स्रोत रहें हैं उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों और शिक्षाओं को आत्मसात कर गरीबों और कमजोरों की सेवा में अनवरत लगा हुआ है स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि स्वामी जी कहा करते थे कि अगर उनके पास धन होता तो वह उसका उपयोग शिक्षा और आध्यात्म के प्रचार और प्रसार के लिये करते समरोह को राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्रो योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया इससे पहले राष्ट्रपति ने रामकृष्ण सेवा आश्रम के धर्मार्थ चिकित्सालय के नये ब्लॉक क लोकार्पण के साथ साथ कई कार्यक्रमों में भाग लिया

इस ब्लॉक में चिकित्सकीय सुविधाएं शुरू हो जाने से यहां और आसपास के क्षेत्रों के विशेषकर कैंसर से पीड़ित मरीजों को काफी सुविधा होगी

भ्रमण के दौरान राष्ट्रपति ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जाकर प्रजा अर्चना की इसके साथ ही वह निकुंज वन आश्रम भी गए राष्ट्रपति ने अक्षय पात्र फाउंडेशन जाकर बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया उन्होंने राधा वृंदावन चंद्र मंदिर का भी भ्रमण किया आकाशवाणी समाचार के लिए मथुरा से मैं एम एस यादव प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैतालीसवां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन आज शुरू हुआ दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए पुद्दचेरी की उप राज्यपाल और पूर्व आई पी एस अधिकारी किरन बेदी ने कहा कि न्याय और साहस पुलिस व्यवस्था का मंत्र है उप राज्यपाल ने कहा कि पुलिसिंग धर्म की तरह है जैसे मंदिर जाना समाज की सेवा करने के लिये साहस और न्याय प्रेरक बल है इन्हें आत्मसात कर लोगों को समुचित न्याय दिया जा सकता है उन्होंने अयोध्या प्रकरण के बारे में शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाये रखने और इसी साल कुभ मेले के सफलता पूर्वक आयोजन में राज्य पुलिस के योगदान की सराहना की उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को सही नेतृत्व और संसाधन हासिल है और उसे कारगर ढंग से पुलिसिंग की दिशा में काम करना चाहिये आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि राज्य पुलिस केन्द्रीय गृहमंत्रालय और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट बीपीआरडी के सहयोग से यह दो दिवसीय सम्मेलन कर रही है पुलिस सेवा में आने के बाद अपने शुरूआती दिनों को याद करते हुए किरन बेदी ने बेहतर पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम के लिये बीट प्रणाली क महत्व को रेखांकित किया

आयोजन के बारे में और ब्यौरा हमारे संवाददाता से इस आयोजन के छह सत्रों के दौरान विभिन्न पुलिस अधिकारी शिक्षाविद शोधार्थी न्यायिक और वैज्ञानिक विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखेंगे आयोजन समिति की सचिव और पुलिस की अपर महानिदेशक रेणुका मिश्रा ने आकाशवाणी से खास बाचचीत में कहा कि जिन मुद्दों पर दो दिनों के दौरान चर्चा होगी उनमें पुलिस सुधार सोशल मीडिया का धार्मिक अतिवाद और आंतकवाद रोकने में इस्तेमाल और पुलिस बलों के रवैये को बेहतर किए जाने जैसे बेहद प्रासंगिक विषय शामिल हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को निरन्तर आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि बजट के बाद सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के सार्थक नतीजे दिखने लगे हैं श्रीमती सीतारमन ने कल राज्यसभा में देश की अर्थव्यवस्था पर अल्पकालीन चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए कहा कि देश में अभी किसी भी तरह की मंदी नहीं है वित्तमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी सुधार बैंकों की पूंजी में वृद्धि और कई नीति संबंधी फसले किये गये हैं सरकार को अपनी बात रखने के साथ ही यह सुनने को मिल रहा है कि वह सबका साथ सबका विकास के साथ ही अर्थव्य वस्थास और विकास के लिए क्याा कर रही है इसलिए इस दिशा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वे देश के हित में हैं श्रीमती सीतारमन ने कहा कि सरकार ने यूपीए सरकार के कामकाज की तुलना में कई आर्थिक मापदण्डों पर बेहतर काम किया है इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार की अर्थव्यवस्था की नीति पर सवाल उठाये और दावा किया कि देश बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है

प्रदेश के अमरोहा बरेली और पीलीभीत सहित कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि से जहां एक तरफ ठंड बढ़ गई है वहीं इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है अमरोहा में कल देर शाम और आज दिनभर हल्की से तेज बारिश होती रही इसके अलावा जिले के धनौरा तहसील इलाके में ओलावृष्टि से आलू सरसों और गेहूँ की फसलों को खासी क्षति पहुंची है बरेली में आज दोपहर तेज़ बारिश से मौसम में खासा परिवर्तन हुआ और ओलावृष्टि से फ़सलों को नुकसान पहुंचा मौसम में अचानक बदलाव की वजह से जिले के मीरगंज इलाके के गोरा लोकनाथपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रही तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं वहीं पीलीभीत ज़िले में वर्षा का क्रम जारी है जिससे खेतों में पछेती धान की कटाई रूक गई है और सरकारी खरीद केन्द्रों पर पड़े किसानों के धान के खराब होने की आशंका बढ़ गई है मौसम विभाग ने अलीगढ़ मथुरा बुलन्दशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में गरज चमक के साथ आज देर शाम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है

ज़िलाधिकारी रवोन्द्र कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना देर रात उस समय हुई जब जयपुर से बिहार जा रही एक ट्ररिस्ट बस का टायर फट गया और वह डिवाइडर से टकरा गई वहीं गोरखपुर जिले के खोराबार इलाके में बस और कार की आमने सामने की टक्कर में दो लोगों की मृत्यु हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों दुर्घटनाओं में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री योगी ने अधिकारियों को इन हादसों में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने का निर्देश भी दिया है

स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया है कि इस आशय की अधिसूचना सरकार ने दो दिन पहले ही जारी की है प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि गन्ना किसानों को हर संभव लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार चीनी मिलों के जीर्णोद्धार का काम कर रही है

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी मिलों को बंद करने का काम किया था जबकि योगी सरकार ने रमाला पिपराईच और मुंडरवां चीनी मिलों का जीर्णोद्वार किया है

प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने रिसवाड़ा गांव में गौरक्षा केन्द्र का उद्घाटन करने के लिये जिला पंचायत परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भी भाग लिया समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी इटावा लखनऊ सहित पन्द्रह जिलों में पार्टी के नये अध्यक्ष नामित किये हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम द्वारा लखनऊ में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गोपाल यादव इटावा के ज़िलाध्यक्ष होंगे जबकि जय सिंह जयन्त को लखनऊ ज़िला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है

समाप्त